सर्वेक्षण में देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापार अन्कुल नीतियों को प्रोत्साहित करने और बाज़ार को मजबूत करने का उल्लेख किया गया

हरियाणा में आज बैंको की हड़ताल के कारण करोड़ों का कारोबार प्रभावित ह्आ आज संसद में पेश किये आर्थिक सर्वेक्षण में पहली अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की दर छ से साढ़े छ प्रतिशत दर्शायी गई है इस सर्वेक्षण में मौजूदा राजकोषीय वृद्वि पांच प्रतिशत बताई गई है और कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान घटे में लक्ष्य को विकास को फिर से पटरी लाने के लिए ढील की जरूरत है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

रोज़गार पैदा करने और विकास को बढ़ावा देने बारे सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के पास में चीन की तरह श्रम आधारित निर्यात चक्र का खाका तैयार करने के लिए बेमिसाल अवसर है सर्वेक्षण में नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में विशेषज्ञता के जरिये विकास करने और रोज़गार पैदाकरने और विकास पर बल दिया दिया गया है

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि य्वा पीढ़ी को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के साथ साथ उनमें संस्कारों का समावेश करना बेहद जरूरी है शैक्षणिक संस्थाएं यूवा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं राज्यपाल श्री आर्य आज झज्जर जिला के गांव खेड़ी स्ल्तान पाटौदा में नवनिर्मित संस्कारम् इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि देश की भावी कर्णधार य्वा शक्ति हमारे देश की रीढ़ है इस य्वा शक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण देने में ऐसे शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है

फरवरी एवं बाल विकास विभाग दवारा आज पलवल के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में एक दिवसीय खंड स्तरीय महिला खेलक्द प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का श्भारंभ महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने किया

यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया

आज नई दिल्ली में लिये निर्णय के अन्सार पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद प्रस्कार और ग्रेड सी खेल श्रेणी का प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी प्र्राप्त करने में मदद मिलेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के सम्बन्ध में श्रेष्ठ पदघतियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है

राजस्व विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव श्री धनपत सिंह इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे समिति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के लिए विधियां तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पदघतियों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेले का स्टेट थीम हिमाचल प्रदेश है जबकि भागीदारी देश उज्बेक्स्तान है

मेले में स्रक्षाप्रबंधों के बारे में आकाशवाणी के संवाददाता विकास कालिया ने ने उपाय्क्त के के राव के हवाले से बताया कि प्लिस के जवान प्रे मेला परिसर के चप्पे चप्पे चप्पे पर तैनात किये गये है राष्ट्रपति के आगमन से लेकर कर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है

राष्ट्रपति के भ्रमण के दौरान केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्तियों को ही मेला परिसर में आने की अन्मति दी जायेगी हरियाणा में आज यूनाटेड फोरम ऑ बैंक यूनियन के आहवान पर ब्लाई गड्र दो दिवसीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल के कारण बैंको का कामकाज ठप्प रहा अम्बाला भिवानीपलवल सिरसा यम्नानगर से आकाशवाणी के संवाददाताओं ने बताया कि हड़ताल के कारण करोड़ों रूपये का लेन देन प्रभावित हआ और उपभोक्ता भी परेशान रहे हरियाणा में यूनियन के महासचिव बी एस ओबराय ने बताया कि वे सम्मान जनक वेतन समझौता और पुरानी पैंशन लागु करने सार्वजनिक उपकरणों का निजिकरण बंद करने पांच कार्यदिवसों का सप्ताह किये जाने की मांग कर रहे है सिरसा जिले में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बार बेटों से ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया है